वे आज वाराणसी में जंगम बाड़ी मठ में श्री जगदगुरू विश्वाराध्य गुरूकुल के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

प्रधानमंत्री ने चंदौली जिले के पडाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक केन्द्र राष्ट्र को समर्पित किया

देश में पंडित दीनदयाल की यह सबसे बड़ी प्रतिमा है

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्हें और उनके मंत्रिमंडल के छह सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन गोपाल राय कैलाश गहलोत इमरान हसैन और राजेन्द्र गौतम को केजरीवाल ने अपने मंत्रिमण्डल में इस बार भी बनाये रखा है इस अवसर पर श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता की जीत हई है उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने देश की राजनीति को बदल दिया है

इसके तहत राज्यों की कला और संस्कृति की विविधता की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए उनके जोड़े बनाए गए हैं राजस्थान का जोड़ीदार असम राज्य को बनाया गया है

श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने को कहा है

कलेक्ट्री सर्किल पर दिये गये इस धरने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे और कई मंत्री मौजूद रहे कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार पर नीयत साफ नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो देश में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपने को खत्म नहीं होने देगी इस मौके पर प्रदेश काग्रेंस अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया

वे आज जयपुर में भाजपा मुख्यालय पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे गौरतलब है कि जयपूर के शहीद स्मारक पर सीएए और एनआरसी के विरोध में चल रहे धरने को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया था

इनमें से करीब डेढ लाख किसानों को किसान केडिट कार्ड बनने से डेढ अरब रूपर्ये का कर्ज मिलेगा

उसने ये राशि अवैध रेत से भरी ट्रेक्टरी ट्रोली के परिवहन की एवज में मांगी थी